मुख्यमंत्री सबसे पहले बाडमेर के धनाऊ में नुकसान का जायजा लेंगे और प्रभावित किसानों से मिलेंगे इसके बाद जालोर और जैसलमेर का भी दौरा करेंगे तीनों जिलों में टिड्डी नियंत्रण दल सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों और जिला प्रशासन से इस समस्या के प्रभावी निराकरण के लिए चर्चा करेंगे इससे पहले कल मुख्यमंत्री ने बाडमेर पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक कर नुकसान की जानकारी ली नीति आयोग आज नई दिल्ली में भारत के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी करेगा

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कम्पनियों की साख का आकलन करने वाली केडिट रेटिंग एजेन्सियों की आलोचना की है आरबीआई ने कहा कि ये एजेन्सियां कम साख वाली कम्पनियों के बारे में भी बडे बडे दावे करती है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत की युवा पीढ़ी राष्ट्र की प्रगति और विकास में उत्प्रेरक की भूमिका निभाएगी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों से स्थानीय स्तर पर बने उत्पादों को खरीदकर समुद्धि लाने का जरिया बनने की अपील की गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अर्दसैनिक बलों के प्रत्येक जवान को प्रतिवर्ष सौ दिन अपने परिवार के साथ बिताने का अवसर मिले कल नई दिल्ली में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशालय भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की रक्षा में लगे जवानों के परिवारों का ख्याल रखने का वचन दिया है उन्होंने कहा कि जवानों के परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड दिए जाएंगे श्री शाह ने राज्य सरकारों से यह सुविधा उपलब्ध कराने की अपील की अन्य सुविधाओं की योजना बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है

आयोग ने इसके प्रवेश पत्र जारी कर दिये है

कल नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने उन्हें इस पुरस्कार से नवाजा भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है समूचा प्रदेश इन दिनों कड़ाके की सर्दी की चपेट में है मौसम विभाग ने कई ईलाकों में ओरेंज अलर्ट जारी किया है माउंटआबू फतेहपुर और सीकर में तापमान जमाव बिन्दु से नीचे दर्ज किया गया

घने कोहरे के कारण सडक और रेल यातायात पर बुरा असर पडा है केन्द्र सरकार के नागरिक संपर्क मंच माईजीओवी के पंजीकृत यूजर्स की संख्या एक करोड़ हो गई है पांच वर्ष पहले उलहवअपदकप ने देश के लोगों के विचारों और आवाज को एक सशक्त मंच देने के लिए अपने सफर की शुरूआत की थी प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा कि माईजीओवी नागरिकों के विचार प्राप्त करने के प्रभावी मंच के रूप में उभरा है